सीबीआई प्रवक्ता ने बताया कि चिदम्बरम को एक सक्षम अदालत की ओर से जारी गिरफ्तारी वारंट के आधार पर गिरफ्तार किया गया है उन्हें आज निचली अदालत में पेश किया जायेगा सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी की गिरफ्तारी से बच रहे पी चिदम्बरम कल रात करीब आठ बजे अचानक कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे और संवाददाता सम्मेलन को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि आईएनएक्स मीडिया निवेश मामले में उनके या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर नहीं है वह कानून से भाग नहीं रहे बल्कि संरक्षण मांग रहे हैं इसके बाद वह सीधे अपने आवास पर गये जहां सीबीआई अधिकारियों की एक टीम पहुंच गयी करीब दो घंटे की जद्दोजहद के बाद सीबीआई टीम उन्हें अपने साथ मुख्यालय ले गयी

उनका कार्यकाल दो साल का होगा

श्री गडकरी ने कल नई दिल्ली में अपने मंत्रालय की नई वेबसाइट लांच करते हये यह जानकारी दी इस वैबसाइट पर देश में वाहनों के हर महीने किये जाने वाले पंजीकरणों के अलावा फास्टैग और राजमार्ग से संबंधित जानकारी दी जायेगी

उत्तर पश्चिम रेलवे के वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी वाई के शर्मा ने बताया कि रामदेवरा मेले को देखते हुए रामदेवरा स्टेशन पर भी हाई स्पीड वाई फाई की सेवा शुरू कर दी गयी है

स्वयंसेवी संगठनों निजी कंपनियों और भामाशाह के सहयोग से मरम्मत करवाई जाएगी इधर जल शक्ति अभियान के केन्द्रीय दल की सीकर नोडल अधिकारी दीप्ति मौहिल चावला और सांख्यिकी एवं क्रियान्वयन विभाग के उप सचिव अनुप कमार के नेतृत्व में खोरी डुंगर में प्रगतिशील किसान शेरसिंह शेखावत के फार्म हाउस कॉ निरीक्षण किया गया उन्होंने जैंविक खेती जल संचय और कम पानी में फसल उत्पादन तथा फलदार पौधे लगाने की तकनीक की जानकारी हासिल की बीकानेर में भी अभियान की प्रगति की समीक्षा के लिए केन्द्रीय अध्ययन दल ने अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त विभाग के इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव संदीप वर्मा की अध्यक्षता में कल जयपुर में हई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय किया गया

इससे अजमेर में वर्तमान में हर दो दिन में एक बार पानी की सप्लाई हो पायेगी

इस अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्व कार्यवाही करने के साथ ही व्यापक प्रचार प्रसार कर सडक सुरक्षा के सम्बन्ध में जनचेतना लाई जायेगी अतिरिक्त महानिदेषक पुलिस यातायात पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सडक सुरक्षा अभियान के तहत यातायात नियमों की अनुपालना पर विर्षेष ध्यान दिया जायेगा

पुलिस महानिदेशक भूपेंद्र सिंह की ओर से जारी आदेश में राजस्थान पुलिस सेवा के अधिकारियों में से भारी मात्रा में महिला अपराध अनुसंधान शाखा और एसटी एससी सेल में भी पदस्थापन किए गए हैं इसी प्रकार पुलिस निरीक्षकों का प्रशासनिक कारणों से भी तबादला किया गया है

श्री सिंह ने पदक विजेता खिलाड़ियों को एक एक लाख रुपये का चैक भी दिया श्री यादव ने पदक विजेता खिलाडियों को नयी पीढी के लिए रोल मॉडल बताते हुए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए श्भकामनाएं दी पुलिस महानिदेशक ने बताया कि पुलिस मुख्यालय में राजस्थान पुलिस के गौरवशाली पलों के छायाचित्रों सहित एक संग्रहालय बनाया जाएगा तथा इस संग्रहालय में श्रेष्ठ उपलब्धिया अर्जित करने वाले खिलाड़ियों के छायाचित्र भी शामिल किए जाएंगे

उन्होंने इस मामले की ेदोबारा जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने का भरोसा दिलाया उन्होंने आश्वस्त किया कि मामले की नये सिरे से निष्पक्ष और पारदर्शितापूर्ण जांच की जाएगी कानून सबके लिए बराबर है परिजनों द्वारा अधिकारियों के हटाने की मांग के सवाल पर उन्होंने कहा कि अब नए सिरे से जांच हो रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी

कल जयपुर में मौसमी बीमारियों की समीक्षा बैठक में श्री शर्मा ने मानसून को ध्यान में रखते हुए मच्छरों से होने वाली बीमारियों की रोकथाम के लिये सभी आवश्यक इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिये दोपहर बाद श्री शर्मा ने एसएमएस अस्पताल का दौरा भी किया मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि एसएमएस अस्पताल पर मरीजों का दबाव कम करने के लिये इससे सम्बद्ध अस्पतालों में स्विधाएं बढाई जायेगी

वहीं प्रतापगढ़ में भी जिला जेल सहित छोटी सादड़ी उप जेल में तलाशी अभियान के दौरान दस मोबाइल और अन्य उपकरण बरामद किये गये